प्रदेश में आधी अधूरी परियोजनाओं की जानकारी देने वालों को पुरस्कृत करेगा रेरा

कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा मंत्री कार्यभार प्रदेश में मंत्रालय आवंटन होने के साथ ही मंत्रियों ने कामकाज संभालना शुरू कर दिया है आज कई मंत्रियों ने न केवल अपना कार्यभार संभाला बल्कि मंत्रालय की समस्याओं को समझना भी शुरू कर दिया वित्तमंत्री तरूण भनोट ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली कर दिया है अब हम प्रदेश में जनता पर बिना कोई नया कर लगाये वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे उन्होंने आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने के संकेत भी दिये वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने अधिकारियों से कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जायेगा किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों की मिट्टी और बीजों के परीक्षण का कार्य अब निःशुल्क होगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से किये गये वादों को समय सीमा में पूरा किया जायेगा वहीं स्कूली शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान रायसेन जिले के चपना ग्रामपंचायत परिसर में बने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से उनकी पढ़ाई की जानकारी ली उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी स्कूलों जैसी शैक्षणिक गुणवत्ता उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे

कृषि मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे घरेलू बाजारों में प्याज का बेहतर मूल्य मिलेगा मौजूदा समय में प्याज की अधिक आपूर्ति से मंडियों में इसकी कीमत को स्थिर रखने के लिए प्याज का निर्यात बढ़ाने का फैसला किया गया है इस वर्ष जुलाई में पांच प्रतिशत का निर्यात प्रोत्साहन शुरू किया गया मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा बढ़ोतरी से प्याज सबसे अधिक निर्यात प्रोत्साहन वाले कृषि उत्पादों में आ गया है समय पर किए गए इस उपाय से उन किसानों को मदद मिलेगी जिन्होंने बेहतर मूल्य की आशा में हाल ही में प्याज की खेती की है शिक्षक रिश्वत सजा अनूपपुर जिले की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में दोषी पाए गए एक शिक्षक को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार ने कल एक शिक्षक को चार वर्ष की सजा से दण्डित किया

रिश्वत गिरफतार सागर जिले में लोकायुक्त पुलिस ने आज आदिम जाति कल्याण विभाग के जनजातीय कार्य देख रहे सहायक आयुक्त को बीस हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया लोकायुक्त निरीक्षक संतोष जामरा ने बताया कि आदिवासी बालक छात्रावास केसली के अधीक्षक ने शिकायत की थी कि सहायक आयुक्त द्वारा हर माह पांच हज़ार रुपये की मांग की जाती है पांच हज़ार रुपये न देने पर निरीक्षण के दौरान अनुपस्थिति दर्शा कर नोटिस थमा दिया गया जिसके संबंध में सहायक आयुक्त से चर्चा की तो बीस हज़ार रुपये की रिश्वत की मांग की गयी आरोपी सहायक आयुक्त के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया गया है

प्राधिकरण के चेयरमेन अन्टोनी डिसा ने बताया कि पुरस्कार योजना के अंतर्गत यदि कोई प्रतिभागी रेरा में अपंजीकृत किसी अपूर्ण परियोजना की जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराता है तो उसे एक हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा कुछ प्रगतिरत परियोजनाएँ जो अभी भी रेरा में अपंजीकृत हैं उसकी पहचान के लिये यह योजना लागू की जा रही है

इच्छ्क आवेदक का हज किया हुआ होना अनिवार्य होगा

इसके अतिरिक्त आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में दर्ज नहीं होना चाहिये असिस्टेन्ट हज आफीसर हज असिस्टेन्ट मेडीकल आफीसर एवं खादिमुल हुज्जाज हज संबंधी समस्त प्रकार का अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी महिला आवेदक भी आवेदन कर सकती हैं

मौसम प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है कल राज्य में अधिकतर स्थानों पर रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई बैतूल खजुराहो और पचमढ़ी में पारा एक डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से कई स्थानों पर बर्फ की हल्की परत जम गयी मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार पूरा प्रदेश कड़कडाती ठंड की चपेट में है अगले दो से तीन दिनों तक पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रभाव बरकरार रहेगा और कुछ स्थानों पर अति तीव्र ठंड के हालात बन सकते हैं वहीं राज्य के शाजापुर राजगढ उज्जैन मंडला छतरपुर दतिया ग्वालियर बैतूल और होशंगाबाद जिलों में कहीं कहीं पाला पड़ने की भी संभावना है राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ठंड ने अपना असर दिखाया है यहां नगर निगम द्वारा ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गयी है नरसिंहपुर जिले में भी लोग ठंड से बचने के लिये अलाव का सहारा ले रहे हैं वहीं उमरिया और शाजापुर जिले में रात के तापमान में कमी होने से फसलों को नुकसान होने की भी खबर है

इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी